बैंको से ऋण वितरण में उदारता दिखाने को कहा

तापमान में और बढ़ोतरी की आशंका प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे मन की बात की यह चौवालीसवीं कड़ी होगी कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा यह प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा डीडी न्यूज के यू ट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध रहेगा आकाशवाणी की वेबसाइट ऑल इंडिया रेडियो डॉट जीओवी डॉट इन पर भी इसे प्रसारित किया जाएगा मन की बात कार्यक्रम के मैथिली अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से हिन्दी में प्रसारण के तुरंत बाद किया जायेगा मैथिली भाषा में इसी प्रसारण को आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से रात्रि आठ बजे से दोबारा सुना जा सकता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नमो ऐप पर एक सर्वेक्षण जारी कर लोगों से सरकार सांसदों और विधायकों के कामकाज का मूल्यांकन करने की अपील की है एनडीए सरकार के चार वर्ष पूरे होने के अवसर पर इस सर्वेक्षण की शुरूआत की गई है प्रधानमंत्री ने लोगों से केन्द्र सरकार के कामकाज इसकी पहल और उनके निर्वाचन क्षेत्रों में हुए विकास कार्य पर अपनी भावनाएं व्यक्त करने को कहा है केंद्र की एनडीए सरकार के चार साल पूरे होने पर प्रदेश भाजपा के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने श्री मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को बधाई देते हुये कहा है कि पिछले चार सालों के दौरान देश ने विकास की नई ऊंचाईयों को छुआ है पार्टी के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी है पार्टी के वरिष्ठ नेता मंगल पाण्डेय विनोद नारायण झा और राजीव रंजन समेत अन्य नेताओं ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुये उनके कुशल नेतृत्व की सराहना की है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बैंकों के रवैये के कारण आमलोगों को नोटबंदी का लाभ नहीं मिल सका पटना में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक को संबोधित करते हुये श्री कुमार ने कहा कि नोटबंदी के दौरान कई बैंकों में बिना जांच पड़ताल के ही रूपये जमा हुये जिससे इसका पूरा लाभ लोगों को नहीं मिला मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के पैसे को दूसरे राज्यों में भेजकर वहां के लोगों को ऋण दिया जा रहा है जिससे यहां की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है श्री कुमार ने कहा कि बैंकों को ऋण वितरण में उदारता दिखानी चाहिये तभी समावेशी विकास के लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है बैठक को संबोधित करते हुये उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बैंकों के प्रदर्शन की निगरानी अब शाखावार की जायेगी

कड़ी धूप और गर्मी को देखते हुये पोलिंग ब्रथों पर पानी और अन्य जरूरी एहतियाती उपाय किये जायेंगे कल इस क्षेत्र के सरकारी अर्द्वसरकारी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सभी संस्थानों में सवैतनिक अवकाश की घोषणा की गयी है आयकर विभाग ने उपचुनाव में अवैध धन के उपयोग को रोकने के लिये टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य तीन चार पांच छह दो एक तीन जारी किया है

चौपाल के माध्यम से किसानों को कृषि पशुपालन मत्स्य और सहकारिता विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी जायेगी और उनके सुझाव लिये जायेंगे राज्य सरकार डीजल अनुदान के लिये ऑनलाइन व्यवस्था शुरू करेगी इस संबंध में कृषि विभाग ने योजना को मंजूरी दे दी है नई व्यवस्था के अनुसार किसानों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किये जाने के पच्चीस दिनों के भीतर उनके बैंक खाते में अनुदान की राशि आ जायेगी शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा ने कहा है कि नियोजित शिक्षकों के बकाये वेतन का भुगतान ईद से पहले कर दिया जायेगा उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों से ट्रेजरी की व्यवस्था ऑनलाइन करने की प्रक्रिया चल रही है जिसके कारण वेतन भुगतान संभव नहीं हो सका था प्रदेशभर में लोगों को अगले कुछ दिनों तक लू और भीषण गर्मी से राहत मिलने की काई उम्मीद नहीं है देर रात भी गर्म हवा चलने के कारण पटना का अधिकतम तापमान सैंतीस डिग्री सेल्सियस तक बना रहा मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले एक दो दिनों में तापमान में एक से दो डिग्री तक की और बढ़ोतरी हो सकती है उनतीस मई के बाद तापमान में मामूली कमी आने की संभावना है विभाग ने गंगा के तटीय क्षेत्रों में कई जगहों पर बादल छाये रहने और हल्की बूंदा बांदी की संभावना जतायी है नक्सलियों के सफाये के लिये प्रदेश में माइक्रो लेवल पर अभियान चलाया जायेगा सीआरपीएफ की आईजी चारू सिन्हा ने गया जिले के आमस में समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिये बैठक के दौरान नक्सली इलाकों को चिन्हित करने और सुरक्षा बलों के नेटवर्क को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की गयी गया जिले के आमस थाना क्षेत्र के जीटी रोड स्थित टोल प्लाजा के कर्मचारी से पच्चीस लाख रुपए लूट के मामले में पुलिस ने सात अपराधियों को दस लाख छत्तीस हजार रूपये नकद और हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है नवादा जिले के रजौली थाना क्षेत्र के चटकरी स्थित बंद पड़े एक माइका माइंस में अवैध खनन के दौरान हुये विस्फोट में दो मजदूरों की मौत हो गयी जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये अररिया जिले के फारबिसगंज स्थित बीडीबीकेएस कॉलेज के प्राचार्य सहित दो पूर्व प्राचार्य और दो अन्य को जाली सर्टिफिकेट मामले में गिरफ्तार किया गया है एसएसबी ने जहानाबाद जिले के पारसबिगहा थाने के लाखापुर से हार्डकोर नक्सली शत्रुघ्न राम को एक देसी पिस्टल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है पटना जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र से पुलिस ने मैट्रिक और इंटर में अच्छे नंबर दिलाने का झांसा देने वाले ठग गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है श्यामल सिन्हा अंडर सिक्सटीन क्रिकेट प्रतियोगिता में गया ने सारण को आठ रनों से पराजित कर सेमीफाइनल में जगह बना ली है पटना के बांकीपुर क्लब में खेले गये बिहार ओपन बिलियर्ड्स और स्नूकर टूर्नामेंट में बिलियर्ड्स का खिताब तरूण चंद्र सर्राफ और स्नूकर का खिताब तुषार श्रेष्ठ ने जीत लिया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने सीबीएसई की बारहवीं कक्षा के परिणाम से जुड़ी खबरों को सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान लिखता है बिहार में सुजल देश में मेघना टॉपर दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री के बयान को प्रमुखता देते हुये लिखा है हमारा पैसा दक्षिण पश्चिम राज्यों को क्यों भेज रहे बैंक दैनिक भास्कर ने लिखा है विपक्ष पर मोदी का हमला भ्रष्टाचार पर कार्रवाई से दुश्मन भी बन रहे दोस्त प्रभात खबर लिखता है शनिवार रहा सीजन का सबसे गर्म दिन पारा इकतालीस के पार

बैंको से ऋण वितरण में उदारता दिखाने को कहा

तापमान में और बढ़ोतरी की आशंका